श्री मोदी ने सरकार और पार्टी के बीच उचित तालमेल को महत्वपूर्ण बताया कहा कार्य और कार्यकर्ता मिलकर दे सकते हैं आश्चर्यजनक नतीजे भारत ने तीस मई ब्रहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में बिम्स्टेक देशों के नेताओं को किया आमंत्रित अमेठी हत्याकांड में पुलिस ने तीन लोगों को किया गिरफ्तार बाकी संदिग्धों की जा रही है सक्रियता से तलाश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास सुनिश्चित करेगी श्री मोदी कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी स्थित दीन दयाल हस्तकला संक्ल में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे हम इतने सालों से सत्ता में आए हैं

जो लोग अपने आप को एकता का ठेकेदार बताते हैं उन्होंने सिर्फ आंध्र का विभाजन किया आज भी वहां पर शांति का माहौल नही बन पाया है तेलंगाना और आंध्रा में और हम वो लोग हैं जो एकता के मंत्र को लेकर के चलते हैं हम उत्तर प्रदेश में से उतराखंड बना दे दिलों में आग नही लगने देते हम बिहार में से झारखंड बना दें दिलों को चोट नहीं पहुंचाते हैं हम मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ बना दें प्यार में कोई कमी नही आने देते हैं क्योंकि सबका साथ सबका विश्वास ये मंत्र हमारी रगों में हैं हमारे जहन में है प्रधानमंत्री ने कहा कि पारदर्शिता और कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है दो चीजें ऐसी होती है जो परसेषान को तबाह करने के लिए लाख कोशिश करने वालो को भी गंदा और बुरा परसेषान क्रिएट करने की कोशिश करने वालो के लिए भी उसको पास करके आगे बढ़ने की ताकत होती है और वो है पारदर्शिता और परिश्रम

उसको परास्त करने का सामर्थय रखती हैं और आज हिन्दुस्तान ने उसको स्वीकार किया है उसने करके दिखाया है आज और इसलिये हमारे लिए भी पास्दर्शिता और परिश्रम का कोई अल्टर्नेट नही है नरेन्द्र मोदी ने अपने प्रति स्नेह और विश्वास जाहिर करने के लिये नगरवासियों को धन्यवाद ज्ञापित किया उन्होंने कहा कि लोगों ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है लेकिन वे काशी के लोगों के लिए एक साधारण कार्यकर्ता हैं उन्होंने कहा कि वाराणसी में पार्टी का हर कार्यकर्ता नरेन्द्र मोदी बना और सफलतापूर्वक चुनाव प्रचार किया कभी कभी तो हम जाकर के सिर्फ देखते थें वहा कैसा चल रहा है

कोई कारण नही था यहां तो मुझे ऐसे ही उतर करके बाबा के चरणों में जाना था और फिर आप सबके माध्यम से काशी का और उत्तर प्रदेश का अमिनंदन करना था लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से पूरे रास्ते भर लोग अपना आशिर्वाद दे रहे थे यह भी अपने आप में एक अनोखा और इसलिए मैं आप सबका इदय से अभिनंदन करता हूं आज मैं भले ही काशी से बोल रहा हूं लेकिन प्ररा उत्तर प्रदेश अनेक अनेक अभिनंदन का अधिकारी है श्री मोदी ने कहा कि देश विकास और आर्थिक वृद्वि के पथ पर अग्रसर है और हाल के वर्षो में इसमें तेजी आई है उन्होंने दोहराया कि भाजपा लोकतंत्र के मूल्यों को बनाये रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्व है भारत के लोकतंत्र में इस प्रकार के वृत्ति वाले लोग हैं उनसे भी मैं आज काशी की पवित्र धरती से प्रनर्विचार करने के लिए आज प्रार्थना करना चाहता हूं बहुत हो चुका नये सिरे से सोचना शुरू करो

आज हिन्दुस्तान के राजनीतिक तख्त पर ईमानदारी से रग रग में लोकतंत्र को लेकर के जीने वाला जो दल हैं वो भारतीय जनता पार्टी है हम शासन में आते हैं तब भी हम सबसे ज्यादा लोकतंत्र की परवाह करने वाले लोग होते हैं प्रधानमंत्री ने पार्टी और सरकार के बीच पूरे तालमेल का जिक्र करते हुए कहा कि काम और कार्यकर्ता आश्चर्यजनक नतीजे दे सकते हैं भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे इस अवसर पर अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री का जोर उत्तर प्रदेश के विकास पर है मित्रों इस च्नाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व के अंदर पचास प्रतिशत मत प्राप्त करके फिर से एक बार उत्तर प्रेदश भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है वो सिद्ध करने में सफल हुए और मैं मानता हूं कि मोदी जी का जो विजन है मोदी जी का जो रास्ता है पांच ही साल के अंदर देश के सबसे विकसित राज्यों की सूची में शुमार हो जायेगा हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री का अपने निर्वाचन क्षेत्र पहंचने पर काशीवासियों ने जोरदार अभिनन्दन किया एक रिपोर्ट कारी की जनता प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए सड़को पर उमड़ी हुई थी बाबा विस्वनाथ का आर्शीवाद लेने से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पुलिस लाइन से काशी विश्वनाथ तक के छह किलोमीटर लंबे रास्ते से होकर के गुजरे और काशीवासियों को धन्यवाद दिया जिन्होंने उनमें अपना भरोसा दोबारा जाहिर किया है विलचिलाती ध्रप के बावजूद प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए रास्ते में भारी भीड़ उनका इंतजार कर रही थी

भाजपा कार्यकताओं ने फूल बरसा कर अपने नेता का स्वागत किया और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी काशी के स्वागत के अंदाज से भाव विभोर नजर आए सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार वाराणसी सत्रहवीं लोकसभा का पहला सत्र अगले महीने की छः से पन्द्रह तारीख तक चलने की संमावना है शुक्रवार को नये मंत्रिमण्डल की पहली बैठक में पहले संसदीय सत्र की तारीख के बारे में फैसला किया जा सकता है इससे एक दिन पहले बृहस्पतिवार को नरेन्द्र मोदी दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति ब्रहस्पतिवार को नरेन्द्र मोदी और मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को राष्ट्रपति भवन में शाम सात बर्जे एक समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे भारत ने नरेन्द्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए बिम्सटेक देशों के नेताओं को आमंत्रित किया है नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि यह कदम सरकार की नेबरहुड फर्स्ट पड़ोसी प्रथम नीति पर आधारित है शंघाई सहयोग संगठन के मौजूदा अध्यक्ष किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रपति और मॉरिशस के प्रधानमंत्री को भी आमंत्रित किया गया है अमेठी ज़िले के बरोलिया गांव के प्रधान और भाजपा के स्थानीय नेता सुरेन्द्र सिंह की हत्या के आरोप में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने कल लखनऊ में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इस मामले के दो संदिग्ध अब भी फ़रार हैं जिनकी पुलिस सक्रियता से तलाश कर रही है उन्होंने कहा कि इस हत्या का कारण स्थानीय स्तर पर राजनैतिक रंजिश है शनिवार देर रात सुरेन्द्र सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी इस हत्याकांड का गंभीरता से संज्ञान लेते हए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी को हत्यारों को बारह घंटे के अन्दर गिरफ्तार करने का निर्देश दिया था सुरेन्द्र सिंह सांसद स्मृति ईरानी के करीबी सहयोगी थे सर्वोच्च न्यायालय ने घोसी संसदीय क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर नवनिर्वाचित सांसद अतुल राय की गिरफ्तारी पर रोक लगाने संबंधी याचिका खारिज कर दी है अतुल राय पर वाराणसी की एक छात्रा के साथ दुष्कर्म का आरोप है प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति अनिरूद्व बोस की अवकाश पीठ ने यह फैसला सुनाया पहली मई को राय के खिलाफ दर्ज एफआईआर में कॉलेज की एक छात्रा ने आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी पत्नी से मिलवाने के बहाने उसे अपने घर बुलाया और उसके साथ द्ष्कर्म किया राष्ट्र ने कल प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू को उनकी पचपनवीं पृण्यतिथि पर श्रद्वांजलि अर्पित किया पूर्व उप राष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में पंडित नेहरू को उनके स्मारक शांतिवन में श्रद्वांजलि अर्पित की इस अवसर पर एक सर्वघर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी पंडित नेहरू को उनकी प्ण्यतिथि पर श्रद्वांजलि दी एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा है कि देश की जनता राष्ट्र के प्रति पंडित नेहरू के योगदान को याद करती रहेगी